पिछले चौबीस घंटों में छह सौ बाईस नये मरीजों की हुई पहचान

और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज से शीतलहर चलने की संभावना

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इनमें मधुबनी जिले के बेनीपट्टी गोपालगंज जिले के हथुआ नालंदा जिले के नालंदा और पावापुरी समस्तीपुर जिले सिंघिया और बांका जिले के बौंसी शामिल हैं इसके साथ ही प्रदेश में नये नगर पंचायतों की संख्या बढ़कर एक सौ सत्रह हो जायेगी कैबिनेट की बैठक के बाद विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सरकार ने बालू बंदोबस्त की अवधि का विस्तार करते हुए बंदोबस्ती राशि में पचास प्रतिशत की वृद्धि कर दी है उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पांच सौ निन्यानवे इंटर कॉलेजों को अनुदान की मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल ने बिहार ई स्टाम्प शुल्क नियमावली दो हजार बीस के गठन को भी मंजूरी दे दी है कैबिनेट की बैठक में कुल बारह प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख पैंतालीस हजार आठ सौ अठाईस हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच सौ तेईस मरीजों को उपचार के बाद छटटी दी गयी स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव पांच आठ प्रतिशत हो गयी है वहीं राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के छह सौ बाईस नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक दो सौ इकतालीस नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है वहीं मुजफ्फरपुर में छियालीस कोविड मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या चार हजार सात सौ आठ रह गयी है इधर स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इक्कीस नवम्बर से इक्कीस दिसम्बर के बीच ब्रिटेन से पटना लौटे छियानवे लोगों की कोरोना जांच करायी जा रही है पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट ऑथिरिटी ने ब्रिटेन से आये छियानवे लोगों की सूची उपलब्ध करायी थी उसी के आधार पर जांच प्रक्रिया शुरू की गयी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं संक्रमण की दर पिछले एक हफ्ते से दो दशमलव दो पांच प्रतिशत पर स्थिर है नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत के सार्स कोव दो प्रयोगशालाओं में ब्रिटेन में पाए गए वायरस के नए स्ट्रेन की जांच पर काम शुरू हो गया है उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में संक्रमण के नए प्रकार की जानकारी मिलने से पहले ही भारत ने देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में लगभग पांच हजार जेनोम सीक्वेंस का परीक्षण प्रारंभ कर दिया था उन्होंने बताया कि देश में इस काम में लगातार चरणबद्ध ढंग से तेजी लायी जा रहा है भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि वायरस पर बहुत अधिक प्रतिरोधक दवाब न डालना ही महत्वपूर्ण है उन्होंने उपचार का सावधानीपूरक प्रयोग करने की सलाह देते हुए कहा कि उन पथ्यों को प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनके लाभ अब तक स्थापित नहीं हो पाए हैं नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि सर्दी के मौजूदा मौसम में अधिकांश जनता को कोविड उन्नीस संक्रमण का खतरा है उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में पाया गया वायरस का प्रकार भारत सहित कई देशों में पहुंच चुका है इस कारण हम सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के नये रूप सार्स कोव दो से निपटने में मौजूदा टीके कारगर रहेंगे ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यह टीके विफल होंगे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि कोविड के नये रूप में इतना बदलाव नहीं है कि मौजूदा टीके निष्प्रभावी हो जायें सार्स कोव दो के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें सत्रह तरह के बदलाव देखे गये हैं ब्रिटेन में पाया गया कोरोना ज्यादा संक्रामक है उन्होंने कहा कि सार्स कोविड दो के जीनोम अनुक्रमण का पता लगाने के लिए देश में चिन्हित प्रयोगशालाओं में तेजी से जांच का काम चल रहा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खडगावत ने कहा है कि इस रोग से बचाव के लिए सावधानियां बरतनी होंगी डॉक्टर खडगावत ने कहा कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और लोगों को ऐहतियात में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए बाईट ये एक ऐसी बीमारी है जिसका बहुत अच्छा इलाज हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टैपस हैं जिससे हम इजिली बच सकते हैं और सबसे बड़ा जो कदम हम उठा सकते हैं वो यह है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और दूसरा कि हमें मास्क पहनना है फेस कवर करके रखना है ताकि इसके अलावा हमें यह करना है कि हम आंख नाक और मुंह को नहीं छुएं बार बार मास्क को बार बार नहीं छुएं बार बार हाथ को धोते रहें और हो सकता है कि आने वाले समय में कोरोना की वैक्सीन आ जाए लेकिन जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है हमें यह भूलना नहीं है कि कोरोना गया नहीं है और ये सारे कदम हमें एहतियात के तौर पर उठाने हैं ताकि हम कोरोना से बच सकें राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस की रोकथाम के बारे में पहले से जारी दिशा निर्देशों को इकतीस जनवरी दो हजार इक्कीस तक लागू रखने का आदेश जारी किया है केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से प्राप्त पत्र के आलोक में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय कोविड उन्नीस महामारी के कारण मारे गये पत्रकारों के परिवारों की मदद के लिए विशेष अभियान चला रहा है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने पत्रकार कल्याण योजना जे डब्ल्यू एस के तहत ऐसे श्रमजीवी पत्रकारों के परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए पहल शुरु की है इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक परिजनों को एक निर्धारित आवेदन पत्र में पीआईबी को सूचना उपलब्ध करानी होगी आवेदन के साथ दिवंगत पत्रकार के श्रमजीवी पत्रकार होने का प्रमाण कोरोना के संक्रमण के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र और आय का प्रमाण संलग्न करना होगा संबंधित आवेदन पीआईबी के अपर महानिदेशक के पास ई मेल से भेजे जा सकते हैं

सरकार और किसानों के बीच यह छठें दौर की बातचीत होगी केन्द्र ने चालीस किसान संगठनों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है बैठक में कृषि कानूनों के आलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर भी चर्चा होगी प्रदेश में नये साल एक से दस जनवरी तक किसानों से धान खरीदने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा इस अभियान को लेकर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि आज और कल धान खरीद के लिए गांवों में विशेष कैम्प लगाया जायेगा इस दौरान किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक घर घर जा कर किसानों से सम्पर्क करेंगे और धान बेचने के इच्छुक किसानों की संख्या और धान की मात्रा से जुड़े आंकड़े एकत्रित करेंगे इधर प्रदेश में धान बेचने के लिए साढ़े तीन लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि सरकार ने इस बार किसानों से पूछ कर धान खरीद की रणनीति बनायी है उन्होंने कहा कि धान और चावल के संग्रहण के लिए गोदाम की संख्या बढ़ाई जा रही है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज से शीतलहर चलने की संभावना है पश्चिम से आ रही बर्फीली हवा के कारण ठंड में और बढोतरी होगी मौसम विभाग ने कहा है कि इससे कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान के और नीचे चले जाने की संभावना है पटना भागलपुर पूर्णिया सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे देखा जा रहा है सूर्यास्त के बाद ठिठ्रन और बढ जा रही है इधर वातावरण में आर्द्रता रहने के कारण अधिकांश हिस्सों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छा रहा है कोहरे के कारण दृश्यता में भी कमी आयी है दृश्यता घटने के कारण पटना हवाई अड्डे पर कई विमानों की आवाजाही भी बाधित हुई है सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सात अधिकारियों को प्रोन्नति दे दी है नगर और आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास को सचिव पद से प्रोन्नति देकर प्रधान सचिव बनाया गया है इसके अलावा मनीष कुमार कुमार रवि दिवेश सेहरा बालामुरूगन डी और राधे श्याम साह को सचिव के पद पर प्रोन्नति दी गयी है इधर हालही में प्रोन्नत किये गये बीस आईएस अधिकारियों को नई जिम्मेवारी सौंप दी गयी है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की उप समितियों के लिए संयोजक मनोनीत कर दिया है लोक लेखा समिति की चार उप समितियों के लिए अवध बिहारी चौधरी महेश्वर हजारी राघवेन्द्र प्रताप सिंह और विजय शंकर दुबे को संयोजक मनोनीत किया गया है जबकि प्राक्कलन समिति की तीन उप समितियों के लिए निरंजन कुमार मेहता समीर कुमार महासेठ और अशोक कुमार सिंह को संयोजक बनाया गया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कृषि कानून के विरोध में वामदलों के आह्वान पर किसानों के राजभवन मार्च को विफल बताया उन्होंने कहा कि बिहार के किसान राजग सरकार के काम से संतुष्ट हैं इसलिए कृषि कानून के विरुद्ध भारत बंद और राजभवन मार्च जैसे हथकंडे विफल रहे पीएमसीएच सहित प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है स्टाईपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं हड़ताली डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय से मुलाकात की और अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने जूनियर डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया डॉक्टरों ने कहा कि वे अपनी मांगों पर विचार करने के लिए लिखित आश्वासन मांग रहे थे लेकिन विभाग ने किसी भी प्रकार का लिखित आश्वासन नहीं दिया उधर सरकार ने दावा किया कि हड़ताली जूनियर डॉक्टर और इंटर्न काम पर लौटने लगे हैं समाज कल्याण विभाग विभिन्न जिलों के बालिका गृहों में रह रहीं तीस और लड़कियों को होटल मैनेजमेंट के प्रशिक्षण के लिए बेंगलुरू भेजेगा सरकार इन लड़कियों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू की है सरकार इससे पहले चौदह लड़कियों को प्रशिक्षण के लिए बेंगलुरू भेज चुकी है इनके प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर दो हजार इक्कीस जारी कर दिया है जारी कैलेंडर में अगले साल विभिन्न पर्व त्योहारों के लिए अवकाश की घोषणा की गयी है राज्य सर्तकता अन्वेषण ब्यूरो ने रोहतास जिले के डालमियानगर थाना क्षेत्र में फर्जी डिग्री पर नौकरी हासिल करने वाली महिला योग शिक्षिका पर प्राथमिकी दर्ज कराई है मुजफ्फरपुर पुलिस ने आठ अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है

वहीं जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने आधा दर्जन शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने कोरोना के नये वायरस के भारत पहुंचने की खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है देश में वायरस की दस्तक इस खबर के साथ अखबार ने कई आंकड़ें भी प्रकाशित किये हैं दैनिक जागरण ने राज्य कैबिनेट की फैसले को सुर्खी बनाते हुये लिखा है बंदोबस्त राशि में पचास फीसदी की बढ़ोतरी बालू होगा और महंगा प्रभात खबर ने प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज को सुर्खी बनाते हुये लिखा है किसानों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा दैनिक भास्कर ने डॉक्टरों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है दुर्घटना से ज्यादा दर्दनाक हुआ इलाज कई दिनों से पीएमसीएच में टाला जा रहा ऑपरेशन अखबारों ने पटना हाई कोर्ट में चार जनवरी से हो रही फिजिकल सुनवाई को भी सुर्खी बनाया है

पिछले चौबीस घंटों में छह सौ बाईस नये मरीजों की हुई पहचान

और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज से शीतलहर चलने की संभावना